अब तक संतानवे प्रतिशत से अधिक लोग ठीक हुए

नौ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी ऑन सोन आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख छत्तीस हजार सात सौ अठहत्तर हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ तैंतीस मामले पटना जिले में मिले हैं पूर्णिया में पचास सहरसा में चौंतीस बेगूसराय में छब्बीस सारण में पच्चीस भागलपुर में चौबीस मधुबनी में बाईस और पूर्वी चंपारण में इक्कीस नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में इस समय कोरोना के पांच हजार पांच सौ दो सक्रिय मामले हैं वहीं कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख तीस हजार से अधिक हो गयी है प्रदेश में स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव एक चार प्रतिशत है जबकि इस वैश्विक महामारी से एक हजार दो सौ चौहत्तर लोगों की मौत हुई है राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी पैथोलॉजी लैब में कोरोना की आरटी पीसीआर जांच की दर आठ सौ रूपये निर्धारित कर दी है स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है आदेश में कहा गया है कि लोगों के घर जाकर सैम्पल एकत्र करने पर तीन सौ रूपये अतिरिक्त देने होंगे इससे पूर्व राज्य के निजी लैब में कोरोना की आरटी पीसीआर जांच की दर पन्द्रह सौ रूपये थी वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर पूर्व की तरह ढ़ाई सौ रूपये रहेगी निर्धारित दर से अधिक राशि लिये जाने पर निजी लैब के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने बताया कि सभी लैब के लिए जांच रिपोर्ट की जानकारी आईसीएमआर के पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य होगा देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में सफलता प्राप्त की है लगातार पच्चीस दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन पचास हजार से कम रिकार्ड की जा रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान छत्तीस हजार छह सौ नए मामलों की पुष्टि हुई है जबकि इस दौरान पांच सौ एक लोगों की मौत हुई है वहीं लगभग तैंतालीस हजार संक्रमित इससे ठीक भी हुए हैं देश में अब तक लगभग नब्बे लाख लोग संक्रमण से उबर चुके हैं वहीं इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर लगभग चौरानवे दशमलव शून्य तीन प्रतिशत तक पहुंच गई है वर्तमान में देशभर में संक्रमितों की संख्या केवल चार लाख अठाईस हजार छह सौ चौवालीस रह गई है जो कुल मामलों का केवल चार दशमलव पांच एक प्रतिशत है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में अठहत्तर प्रतिशत संक्रमित लोग दिल्ली महाराष्ट्र केरल पश्चिम बंगाल हरियाणा और राजस्थान जैसे दस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से हैं ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने कोरोना के टीके को इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है इसका उत्पादन अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा ब्रिटेन की स्वास्थ्य नियामक एजेंसी ने बताया है कि यह टीका पंचानवे फीसदी तक सुरक्षा प्रदान करता है इस टीके का विकास अमरीकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की दवा कंपनी बायोएनटेक ने मिलकर किया है आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने लोगों से बदलते मौसमके दौरान अधिक सतर्क रहने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाने की अपील की है

बिल्कुल अति आवश्यक हो तो जाना चाहिए उस समय बाजार जाएं जिस समय भीड़ भाड़ कम हो

एक चीज की थोडा सा हमें रिइफेक्शन होने के चांसेजहो रहे हैं दसरा वेक्सीनेशन आने की संभावना बहत ज्यादा है और तोसरा ठंड में दिक्कत होने की संमावना ज्यादा रहती है तो हमें बहुत बच करके रहना है बाजारों से जो बहुतदूर रहे जब तक की बहुत अति आवश्यक न हो राष्ट्र जब महामारी से संघर्ष कर रहा था तो उसके साथ ही गरीबी से निपटने की भी तत्काल आवश्यकता थी ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि कोविड से उत्पन्न गतिरोध गरीबों के लिए विपदा का रूप न लेने पाए नरेन्द्र मोदी सरकार ने गरीबों की मदद के लिए तेजी से कदम उठाए

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिये एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नामांकन का पर्चा दाखिल किया इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद थे ये सीट पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण रिक्त हुई है राज्यसभा की इस सीट के लिये नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है चार दिसम्बर को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी जबकि सात दिसम्बर तक नाम वापस लिये जा सकते हैं निर्वाचन आयोग ने चौदह दिसम्बर को मतदान की तारीख निर्धारित की है हालांकि विधानसभा में एनडीए के पास बहुमत रहने के कारण इस सीट पर सुशील कुमार मोदी की जीत तय मानी जा रही है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने इस सीट के लिये अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी की प्रदेश इकाई को भंग कर दिया है साथ ही सभी प्रकोष्ठों को भी दो महीने के भीतर नये सिरे से गठित किया जायेगा श्री पासवान ने आज लोजपा कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला किया केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हुए हैं कल किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों से आंदोलन रोकने और बातचीत की अपील की है साउंड बाईट वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब वार्ता का चौथा चरण श्रू होगा सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि यह छोटा ग्रूप बने लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे तो सरकार को सब से मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं हम तो किसान भाइयों को यह आग्रह करते हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं लेकिन यह फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्मर है कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने कृषि सुधारों से संबंधित कानून लागू किये हैं इनमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम और कृषक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम शामिल है

इस अधिनियम के जरिए राज्य कृषि उत्पादन विपणनसंगठनों के तहत अधिसूवित बाजारों के परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतर राज्य और इंट्रा राज्य व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावामिलेगा यह अधिनियम कृ षि उपज विपणन समिति कानून के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहींकरता

इसके जरिए किसानों को अत्यधुनिक तकनीकीहासिल होगी जिससे उनका उत्पादन बढ़ेगा और आय में वृद्धि होगी आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस में संविधान के तहत प्रदत्त आरक्षण नीति को बरकरार रखा गया है उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रपिोर्ट में इस बात को लेकर सवाल उठाये गये थे कि क्या नई शिक्षा नीति में आरक्षण जारी रहेगा श्री पोखरियाल ने कहा कि इस बात पर संदेह जताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के शैक्षणिक परिदृश्य में आरक्षण के प्रावधानों को कमजोर किया जा सकता है उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई नीट यूजीसी नेट तथा इग्नू की परीक्षाओं को शिक्षा नीति की घोषणा के बाद आयोजित किया गया और शैक्षिक संस्थानों में नियुक्तियों की प्रक्रिया भी पूरी हुई लेकिन सरकार को आरक्षण के प्रावधानों को लेकर अभी तक एक भी शिकायत नहीं मिली है केन्द्र सरकार ने बेगूसराय जिले में सामहो से मटिहानी के बीच गंगा नदी पर सड़क पुल सहित बाईस किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग बनाने की अनुमति दे दी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार ने इसके लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर बनाने के लिये एक निजी कंपनी को टेंडर दिया है डीपीआर के निर्माण पर एक करोड़ तिहत्तर लाख से अधिक की राशि खर्च होगी इस पुल के बन जाने से बेगूसराय से पटना समस्तीपूर मूंगेर और लखीसराय के बीच की दूरी घट जायेगी मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इस महीने कनकनी बढ़ेगी और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है मौसम वैज्ञानिक अमित कुमार सिन्हा ने बताया कि चार दिसम्बर से ठंड में बढ़ोतरी होगी

पटना का न्यूनतम तापमान दस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं गया का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रहा भागलपुर में न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव चार जबकि पूर्णिया में तेरह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहा नालंदा जिले में बचे हुए तिहत्तर गांवों में आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को गोल्डेन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा जिलाधिकारी ने बताया कि इन सभी गांवों में कैंप लगाकर गोल्डेन कार्ड बनाये जायेंगे शेखप्रा जिले में डीएलएड की परीक्षा के दौरान दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रही एक महिला परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया है जिले में रामाधीन महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं इधर प्रदेश भर में आईटीआई संस्थानों में प्रवेश परीक्षा चार दिसम्बर को आयोजित की जायेगी मुजफ्फरपुर जिले में यह परीक्षा इकतीस केन्द्रों पर होगी कदाचार मुक्त परीक्षा के लिये पुख्ता इंतजाम किये गये हैं बेगूसराय जिले में आज बखरी प्रखंड के मोहनपूर वार्ड संख्या दो और छह में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत कार्यान्वित योजनाओं का निरीक्षण किया गया जिलाधिकारी ने इस दौरान अंचल कार्यालय का भी निरीक्षण किया उन्होंने कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर दो कर्मियों का वेतन रोक दिया है मुजफ्फरपुर जिले में निर्माणाधीन भगवानपुर ओवरब्रिज का बायां लेन इस महीने की पंद्रह तारीख तक चालू कर दिया जायेगा राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क प्राधिकार एनएचएआई द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है लखीसराय जिले में सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मानुचक के पास पिछले दिनों डाक पार्सल वाहन चालक की हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने दस लोगों को गिरफ्तार किया है सभी अपराधी मुंगेर जिले के रहने वाले हैं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है

अब तक संतानवे प्रतिशत से अधिक लोग ठीक हुए

नौ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी ऑन सोन आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा